यह खरीदी इकतीस जनवरी तक चलेगी धान खरीदी के लिए राज्य में दो हजार तीन सौ पांच केन्द्र बनाए गए हैं इस वर्ष दो सौ संतावन नये धान खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए हैं वहीं इस साल धान खरीदी के लिए इक्कीस लाख उनतीस हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ढाई लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से लाए जाने वाले धान पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए सीमावर्ती जिलों की सीमा से लगे खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखने और चेकपोस्ट लगाकर जांच करने को कहा है मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि राज्य के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में धान लाने ले जाने वाले किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए इस बीच धान खरीदी के लिए किसानों को टोकन वितरण का काम भी जारी है रायपुर बिलासपुर सहित सभी जिलों के धान खरीदी केन्द्रों में टोकन लेने के लिए किसानों की भीड़ देखी जा रही है धान खरीदी भाजपा आरोप वहीं कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से धान परिवहन के मामले में धान और मक्के से लदे हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा है बड़ेराजपुर ब्लॉक के गमहरी गांव के पास यह कार्रवाई की गई यह धान ओडिशा से लाया जा रहा था समर्थन मुल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में अवैध रूप से धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गिरदावरी के तहत किसानों की भूमि का रकबा कम कर दिया है इसकी वजह से किसानों को अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने में परेशानी होगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जान बूझकर धान खरीदी एक महीने विलंब से शुरू की जा रही है ताकि किसान मजबूर होकर अपनी फसल खराब होने के डर से इसे बिचौलियों को बेच दें श्री जायसवाल आज किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए राजनांदगांव पहुंचे थे प्रदेश में जहां धान खरीदी एक दिसंबर से इकतीस जनवरी तक चलेगी वहीं मक्का खरीदी भी एक दिसंबर से शुरू होकर इकतीस मई तक की जाएगी जावड़ेकर कृषि सुधार केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं श्री जावडेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है प्रधानमंत्री कोरोना टीका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना टीके विकसित करने वाली तीन टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की ये टीमें पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बॉयोलोजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रैडिस लेबोरेट्री की हैं श्री मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कपंनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबंद्व मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संभारतंत्र परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरूआत से मिलने की आशा है प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सलाह दी कि वे विनिर्माताओं के साथ पूरा सहयोग करें ताकि इनके प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आएं और देश तथा दुनिया की जरूरतें पूरी की जा सकें अमिताभ जैन मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नये मुख्य सचिव होंगे मुख्य सचिव आरपी मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार ने श्री जैन को यह जिम्मेदारी सोंपी है श्री जैन उन्नीस सौ नवासी बैच के अधिकारी हैं श्री जैन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई दल्लीराजहरा से हई है वे अविभाजित मध्यप्रदेश में ग्यारहवीं बोर्ड की परीक्षा में टॉपर भी रहे हैं श्री जैन ने रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वे दो बार रायपुर जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं श्री जैन ने आज मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है वे राज्य के बारहवें मुख्य सचिव बने हैं फेरबदल राज्य सरकार ने आज सचिव स्तर के तेरह अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को आवास और पर्यावरण विभाग जल संसाधन विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इसी तरह डॉक्टर मनेन्दर कौर द्विवेदी को वाणिज्यकर विभाग से मुक्त करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है वहीं गौरव द्विवेदी को वाणिज्यकर विभाग का प्रमुख सचिव बनाने के साथ ही योजना आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसके अलावा शहला निगार प्रसन्ना आर अंकित आनंद एलेक्स पॉल मेनन हिमशिखर गुप्ता और तंबोली अय्याज के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है ई श्रेणी पंजीयन राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्व रोजगार से जोड़ने के लिए एक अहम निर्णय लिया है इसके अनुसार लोक निर्माण विभाग में पहले से लागू ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य सरकार के सभी निर्माण विभागों निकायों मंडलों और बोर्ड में भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं इस फैसले के लागू होने से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सीमित निविदा के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर बीस लाख रूपये तक के कार्य का ठेका मिल सकेगा निर्माण कार्यों के अनुबंध में बीस लाख रूपये से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर और एक करोड़ रूपये से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य है इसमें डिप्लोमा इंजीनियर को पंद्रह हजार रूपये प्रतिमाह और स्नातक इंजीनियर को कम से कम पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह भुगतान का भी प्रावधान है

इनमें सबसे अधिक एक सौ तिरपन पॉजीटिव मामले रायपुर जिले के हैं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले से एक भी मामला सामने नहीं आया है वहीं नारायणपुर और बीजापुर जिले से कोरोना संक्रमित एक एक मरीज मिले प्रदेश में कल चौदह सौ तिरसठ मरीज स्वस्थ हए वहीं कल कोरोना संक्रमण से राज्य में सात लोगों की मृत्य हई है वर्तमान में राज्य में बीस हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं इन मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है

उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावितों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है यह बात मुख्यमंत्री ने बीती रात रायपुर स्थित अपने निवास पर बोधघाट बहउद्देशीय सिंचाई परियोजना के डूबान क्षेत्र से प्रभावित लोगों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कही उन्होंने कहा कि यह परियोजना बस्तरवासियों के समग्र विकास के लिए है उन्होंने कहा कि इंद्रावती नदी के जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल बस्तर अंचल में हो साथ ही इससे किसानों को भी लाभ हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को नये सिरे से तैयार किया गया है यह प्रतिनिधिमंडल सांसद दीपक बैज की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा सांसद फूलोदेवी नेताम और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे गौरतलब है कि बोधघाट सिंचाई परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है यह परियोजना बाईस हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत से इंद्रावती नदी पर बनाई जाएगी इससे दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिले में तीन लाख छियासठ हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा सुजित होगी भाजपा अनु जाति आरोप भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष गुरू घासीदास अलंकरण नहीं देना शोध पीठ और अंत्वसायी योजना को बंद करने के साथ गिरौदपुरी में विकास कार्य नहीं कराना राज्य सरकार की अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता को दर्शाता है राजनांदगांव मानव तस्करी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में कथित रूप से मानव तस्करी की घटना को संज्ञान में लिया है उन्होंने कल राजनांदगांव पहुंचकर महापौर हेमा देशमुख और जिले के पुलिस अधीक्षक डी श्रवण सहित अन्य अधिकारियों के साथ इस घटना को लेकर चर्चा की बाद में डॉक्टर नायक ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट डॉगरगढ़ थाने में दर्ज की गई है और क्छ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है इस बीच मामले की जांच के लिए दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने जांच कमेटी गठित की है यह जांच कमेटी दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में गठित की गई है गुरूनानक जयंतीकार्तिक पूर्णिमा सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरुनानक देव जी की पांच सौ इंक्यावनवीं जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस बार नगर कीर्तन नहीं निकाला गया साथ ही गुरूद्वारों में लंगर का आयोजन भी नहीं किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग़रुनानक जयंती पर आम जनता को बधाई दी है वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है इस मौके पर श्रद्दालुओं ने आज सुबह नदियों में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की आराधना की हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए मेलों का आयोजन नहीं किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज तड़के कार्तिक पुन्नी के अवसर पर रायपुर के महादेवघाट पहुंचकर खारून नदी में पुण्य स्नान किया मुख्यमंत्री नदी के तट पर परंपरागत आरती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और दीपदान किया उन्होंने नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की उन्होंने इस मौके पर प्रदेश के विकास और जनता की सुख समृद्वि की कामना की

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बाजार चारभाठा थाना के प्रभारी उप निरीक्षक सहित दो आरक्षकों को अवैध रूप से लेनदेन के मामले में मिली शिकायत के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है

इसके तहत जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार ने अंजोर रथ को रवाना किया बिलासपुर में तिरालीसवां राउत नाच महोत्सव पांच दिसंबर से शुरू होगा इस महोत्सव में भाग लेने वाले नर्तक दलों के सदस्यों की कोरोना जांच कराई जाएगी इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम गठित की है सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड स्थित डकई गांव में बीती रात पांच नकाबपोश आरोपियों ने एक किराना व्यवसायी के बच्चों को कट्टे की नोंक पर बंधक बनाकर करीब पांच लाख रूपये नगद राशि और गहने लूट लिए हैं पुलिस इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार का खुलासा करने में सफलता हासिल की है इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है आजाद चौक पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से चार सौ नग से अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अभिनेष कश्यप को रायपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है

जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के कल्याणपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई